इससे रियल इस्टेट सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना हैं इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नाम समर्थन किया

विपक्षी दलों ने भी उनके नाम का समर्थन किया सदन में कांग्रेस के नेता अधीररंजन द्रविड मनेत्र कषगम के नेता टी आर बालू तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने भी उनके नाम का समर्थन किया इसके उपरान्त सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की गई श्री बिडला के नाम की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कांग्रेस नेता श्री चौधरी संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी सहित कई प्रमुख नेता श्री बिड़ला को लेने उनकी सीट तक गये और उन्हें अध्यक्ष के आसन तक लाये प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष श्री बिड़ला का सदन से परिचय कराते हुए कहा कि वह जनभावनाओं से जुड़े नेता हैं और उनका प्ररा जीवन सामाजिक संवेदनाओं से भरा है इसलिए उन्हें भरोसा है कि वह सबको समान अवसर देकर निष्पक्षता से सदन का संचालन करेंगे गोबर कागज बैतूल में युवा इंजीनियर श्रेयांशी गुप्ता ने गोबर से कागज बनाने में सफलता हासिल की है उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट का पेटेन्ट भी हासिल कर लिया है श्रेयांशी ने नागपुर में एमटेक करते हुए गोबर से कागज बनाने के इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था श्रेयांशी का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और कागज के लिए पेड़ों की कटाई भी रूक जायेगी बाला बच्चन गृह मंत्री बाला बच्चन ने राजधानी भोपाल में पुलिस द्वारा एक युवक की कथित तौर पर की गई पिटाई से हई मौत पर कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी इस मामले में पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर कदया गया है संवाददाताओं से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अगर युवक की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है तो इसकी जांच होगी अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी इसके लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं

मानव संसाधन विकास मंत्री डाक्टर रमेश पोखरिया निशंक ने विश्व की प्रतिष्ठित क्यू एस रैंकिंग में देश के तीन उच्च शिक्षण संस्थानों को स्थान मिलने पर बधाई दी है और संकल्प व्यक्त किया है कि शिक्षा की ग्णवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है तबादला नीति मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अध्यापकों के लिए राज्य शासन की तबादला नीति तय कर दी है अब तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा नई नीति से प्रदेश के तीस हजार से अधिक अध्यापकों को लाभ मिलेगा योग विश्व योग दिवस के अवसर पर राजभवन भोपाल में योग का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा इसमें बरकतउल्ला विश्वविद्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग जैन सोशल ग्रप योगाचार्य राजीव जैन रामगोपाल यादव ग्रूप गणमान्य नागरिक और राजभवन परिसर के रहवासी सहित एक हजार से अधिक लोग शामिल होंगे

शिवपुरी मुरैना उज्जैना राजगढ़ और आगरमालवा सहित अनेक जिले में बारिश हो रही है

वर्षा के कारण अनेक जिलों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित होने के समाचार मिले हैं मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों में भी कहीं कहीं हल्की और कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है